इसकी स्थापना आठ अक्तूबर उन्नीस सौ बत्तीस को की गई थी इस मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन वाय सेना केन्द्र पर भव्य परेड और फ्लाईपास का आयोजन किया गया समारोह को संबोधित करते हए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश क्मार सिंह भदोरिया ने देश को आश्वस्त किया कि वायु सेना देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर हमेशा चौकस है

सामरिक आत्मनिर्मरता हासिल करने के लिए स्वदेशी डिजाइन और निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत है वायुसेना मेक इन इंडिया के अनुरूप अत्याधुनिक तकनीकी हार्डवेयर को देश में ही विकसित करने के लिए भी वचनबद्द है इस मौके पर हिंडन वायुसेना केन्द्र पर आयोजित समारोह में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग बाइसन विमान में उड़ान भरी बालाकोट सैन्य कार्रवाई के अन्य नायकों ने भी तीन मिराज दो हजार विमान और दो एसयू तीस एमकेआई युद्वक विमानों में उड़ान भरी राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर वायु सैनिकों का अभिवादन किया हैं प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि गौरवशाली राष्ट्र वायु सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से शिक्षण संस्थानों कारखानों और व्यवसायिक परिसरों में पौधे लगाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि पर्यावरण के लिए यह एक बड़ा योगदान होगा आज जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में पौधा लगाने के बाद उन्होंने कहा कि जहां संभव है वहां ठीक तरीके से पेड़ लगाना यह पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा है

जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकूल स्रोतो की मदद से साढ़े चार लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है जिसका कई देशों ने स्वागत किया है

प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जैसा होना था वैसा हुआ इसके लिए मन बनाया निर्णय किया और अकेले नहीं किया राज्यसभा में लोकसभा में और भी दलों का सहयोग लेकर दोनों जगह इसको बहुमती से उन्होंने किया मोहन भागवत ने कहा कि सरकार के कड़े उपायों से आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं उन्होंने लोगों को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि आरएसएस उन लोगों का समर्थन नहीं करता है जो संविधान विरोधी और हिंसक गतिविधियों में शामिल होते हैं विजयादशमी का पर्व आज पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है यह दिन बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था प्रदेश के विमिन्न भागों में रावण के साथ मेघनाद और क्मकरण के प्तत्ते जलाए जा रहे हैं वाराणसी अयोध्या बस्ती सहित प्रदेश के अन्य जिलों में विजयादशनी के अवसर पर मेलों का आयोजन किया गया है जिनमें रावण दहन देखने के लिये भारी संख्या में भीड़ जुट रही है हमारे जौनपुर प्रतिनिधि ने बताया कि विजयादशमी के दिन आज हवेली राजा जौनपुर में अवनीन्द्र दत्त ने परम्परानुसार शस्त्र पूजन किया और विजयादशमी मनायी संतकबीरनगर देवरिया मऊ आजमगढ़ और महराजगंज में भी विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गोरखपुर में भी विजयादशमी का पर्व श्रद्वा मक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया इस अक्सर पर गोरखनाथ मंदिर में सुबह से ही विविध आयोजन किये गये मुख्यमंत्री श्री योगी ने मंदिर में बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रीनाथ जी की पूजा की और श्रद्वालुओं को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया शाम चार बजे गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री श्री योगी के नेतृत्व में मंदिर परिसर से भव्य विजय शोभायात्रा निकाली जा रही है शोमायात्रा शहर के अंधियारीबाग रामलीला मैदान पहुंच कर सम्पन्न होगी जहां श्री योगी भगवान राम का राजतिलक करेंगे इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में देर शाम सहभोज का आयोजन भी किया गया है जिसमें गोरखपुर और आसपास के जिलों के गणमान्य व्यक्तियों के अलावा जनप्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है